मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक की इसरो ने चंद्रयान टू से ली गई पृथ्वी की पहली तस्वीरें जारी की भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्यू आर सैम मिसाइल का सफल परीक्षण किया प्रदेश के सभी जिलों में मेंटल हैल्थ केयर बोर्ड स्थापित किये जायेंगे राज्य में औसत सामान्य वर्षा हो जाने के बाद भी पांच जिलों में बरसात की कमी अगले दो दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संसद भवन परिसर में आयोजित इस बैठक में गृह सचिव राजीव गौबा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए उन्होंने बताया कि बैठक में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर आतंकवादियों के हमले की आशंका के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मामलों की व्यापक समीक्षा की गयी

यह कदम राज्य प्रशासन के उस परामर्श के बाद उठाया गया है जिसमें तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से अपनी यात्रा बीच में रोकने और जल्द से जल्द कश्मीर घाटी छोडने के लिए कहा गया है उधर अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायु सेना के विमान ने दिन में श्रीनगर से दो फेरे लगाए

इस बीच पुलिस ने श्रीनगर में सभी होटलों को खाली करने के निर्देश दिये है और नये अंतिथि को नहीं ठहराने के लिये पाबन्द किया है पर्यटकों और अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु कल से कश्मीर घाटी से जाने लगे है

ये शव कल शाम से उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रखे हैं

सेना ने कल शाम केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक अग्रिम चौकी पर पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम कर दिया

इस बैठक में पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेन्द्र यादव गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप समेत पुलिस और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और सचिव अजिताभ शर्मा भी मौजूद रहे

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की नैंतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था

यह तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं

सरकार ने चंद्रयान दू से जुड़ी एक क्विज की घोषणा की है जिसके विजेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान दू को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए देखने का मौका मिलेगा

अभी चंद्रयान धरती की कक्षा में चक्कर लगा रहा है

इसरो ने बताया कि इस क्षण का सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री के साथ देखने के लिए आम लोगों के लिए एक क्विज का आयोजन किया गया है इसका लिंक माईगवडॉटइन पर उपलब्ध है

इस वर्ष चांदीपुर से इस मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण था

यह प्रक्षेपास्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है यह अपने मार्ग में आने वाले लक्ष्यों का पता लगाने में भी सक्षम है

उसके कब्जे से देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किये गये है इस पर करौली मुरेना और भरतपुर में कई मामले दर्ज है

चिकित्सा निदेशालय इन बोर्डो की निगरानी के लिये राज्य स्तर पर मेंटल हैल्थ केयर अथोरिटी गठित करेगा निदेशालय ने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दिये है कि वे अपने जिले में विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर इलाज करा रहे मानसिक रोगियों की सूची उपलब्ध है बार्ड के गठन के बाद जिलों में चलने वाले सभी मेंटल हैल्थ क्लिनिकों का पंजीयन इसी के माध्यम से किया जायेगा

सात अगस्त से ये समय सुबह पोने दस बजे से शाम को सवा पांच बजे तक खुले रहेंगे

राज्य में औसत सामान्य वर्षा हो जाने के बाद भी अभी पांच जिलों में बरसात की कमी है जबकि अजमेर झंझनूं तथा सीकर जिलों में असामान्य तथा नौ जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है

राज्य में अब तक सामान्य वर्षा होने के बावजूद अलवर गंगानगर जैसलमेर जालोर एवं सिरोही जिलों में बरसात की कमी बनी हुई है

इस दौरान नौ जिलों में सामान्य से अधिक बरसात हो चुकी है जिनमें भीलवाड़ा ब्रंदी चित्तौड़गढ चूरु जयपुर कोटा नागौर राजसमंद एवं सवाईमाधोपुर जिले शामिल है इसके अलावा उदयपुर टोंक पाली करौली जोधपुर झालावाड़ डूंगरपुर धोलपुर दौसा भरतपुर बाड़मेर बारां हनुमानगढ़ बीकानेर प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा जिलों में सामान्य बारिश हुई है

उधर मौसम विभाग के अनुसार आगामी अड़तालीस घंटों में राज्य के एक दो स्थानों पर भारी बरसात की संभावना है जिससे करीब दो दर्जन जिले प्रभावित हो सकते हैं इनमें भरतपुर बूंदी चित्तौड़गढ दौसा धौलपुर ड्रंगरपुर जयपुर झालावाड़ कोटा सिरोही प्रतापमगढ सीकर राजसमंद सवाईमाधोपुर टोंक एवं उदयपुर शामिल है

उन्होंने कल अभ्यास वर्ग नामक दो दिन की इस कार्यशाला का उदघाटन किया था इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य सांसदों को अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करना और संसद के अंदर तथा बाहर आचरण से परिचित कराना है कार्यशाला में पार्टी के सिद्दान्तों और संसदीय प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई

श्री जाजू ने कहा कि पर्यटकों की अधिक आवाजाही के कारण बाघों को स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पडता है